पेंशनधारकों की समस्याओं को जल्दी ही दूर करेगी केन्द्र सरकार प्रदेशभर में हिन्दी पखवाड़ा शुरू जिलों में आयोजित किये जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम

आयोग दौरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो डॉ राम शंकर कथैरिया और आयोग के अन्य सदस्यों ने आज अनुसूचित जाति वर्ग के लिये प्रदेश में संचालित योजनाओं की समीक्षा की भोपाल में आयोजित बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम सफाई कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण की स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग योजनाओं के कियान्वयन की राज्यवार समीक्षा रिपोर्ट के साथ ही अपने अध्ययन के आधार पर ऐसी योजनाएं भी बनाकर केन्द्र सरकार को दे जो इन वर्गो का सर्वांगीण विकास प्रभावी ढंग से कर सके आज मंत्रालय में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है वहीं आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कथेरिया ने अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में सुझाव देते हुए स्टार्ट अप योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा भारत रूस भारत ने रूस के पूर्वीय क्षेत्र के विकास के लिए एक अरब अमरीकी डालर का ऋण देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज व्लादिवोस्तोक में पांचवे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति में पूर्व एशिया पर सक्रियता से विचार किया है आज की घोषणा से एक्ट फार ईस्ट नीति भी शुरू हो गई है श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस घोषणा से हमारी आर्थिक कूटनीति को नई दिशा मिलेगी उन्होंने सबका साथ सबका विकास मंत्र पर नये भारत के दृष्टिकोण पर बल दिया

पेंशन धारक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि पेंशनधारकों की मांगों से संबंधित चिंताओं के प्रति जागरूक है और उन्हें शीघ्र ही दूर किया जाएगा आज नई दिल्ली में पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक बैठक में उन्होंने पेंशनधारकों के मामलों से संबंधित प्रकियाओं के दस्तावेजों का डिजिटीकरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया चिदंबरम जमानत उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है

शीर्ष न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है न्यायालय ने कहा कि अंतरिम जमानत को आरोपी का अधिकार मानकर चिदंबरम को जमानत नहीं दी जा सकती न्यायमूर्ति आर बानूमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस स्थिति में जमानत देने से जांच में रूकावट आएगी न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की जांच के लिये पूरी आजादी देनी होगी कुपोषण महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाकर प्रदेश को कपोषण मुक्त बनाने में सभी वर्गो का सहयोग जरूरी है कल ग्वालियर में राज्य स्तरीय पोषण माह के शुभारभ के मौके पर उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ियों को और बेहतर बनाने की दिशा में नये नवाचार किये गये हैं

इन केन्द्रों में बेहतर पोषण आहार वितरण के साथ प्राथमिक शिक्षा भी दी जा रही है उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा

भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित किये जा रहे हिन्दी पखवाड़ा के अंतर्गत आज गांधी व्यक्तित्व और विचार कल और आज विषय पर आलेख लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

वहीं भारतीय वन प्रबंध संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की श्रृंखला की तीसरी कड़ी के रूप में हिन्दी प्रशासनिक शब्दावली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसका उददेश्य कर्मचारियों को शासकीय कामकाज में प्रय्क्त होने वाले प्रशासनिक शब्दों की जानकारी का पता लगाना था आकाशवाणी भोपाल में भी सितंबर को हिन्दी माह के रूप में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आज देश के साथ प्रदेश में भी शिक्षक दिवस मनाया गया

वहीं मध्यप्रदेश में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल में दो दिवसीय आयोजन की आज से शुरूआत हुई इस अवसर पर आयोजित शिक्षक संगोष्ठी में शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा में प्रदेश के सभी जिलों से दो दो शिक्षक शामिल हुए राज्यपाल लालजी टंडन कल इस समारोह का समापन करेंगे

आज राज्य शिक्षा केन्द्र में इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान की शुरूआत हो रही है इस कार्यक्रम में शिक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा पुस्तकों का वाचन किया जाएगा खेंडवा जिले के रोशनी में एक हाई स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने शिक्षकों को पौधे देकर सम्मानित किया इंदौर धार विदिशा आगरमालवा शिवपुरी उमरिया रायसेन सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी शिक्षक दिवस समारोह मनाये जाने के समाचार मिले हैं

इन रूपयों को सीट के नीचे विशेष रूप से तैयार किये गये बाक्स में छुपाकर रखा गया था सुत्रों ने बताया कि व्यापारी और कार में सवार व्यक्ति से पूछताछ के आधार पर पता चला है कि यह रांशि मुम्बई ले जाई जा रही थी और वहां से इसके बदले सोना लाया जाना था

मुख्यमंत्री कमलनाथ की हिदायत के बाद भी मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बयान बाजी कर रहे हैं एक और जहां वन मंत्री उमंग सिंघार ने ट्विटर के माध्यम से कविता की लाइनें पोस्ट करते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने आज कहा कि जो मंत्री निरंतर अनुशासनहीनता बरतते हुए अमर्यादित बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए मुरैना जिले के सुमावली से विधायक श्री कंसाना ने यहां जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्रियों को बुलाकर समझाना चाहिए और इसके बाद भी वे नहीं मानें तो उन्हें तत्कान मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए

वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है

इसके अंतर्गत लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के कर्मचारियों ने गृहमंत्री बालाबच्चन से मुलाकात कर संविदा अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है गौरतलब है कि डीजी के मौखिक आदेश से संविदा समाप्त कर दी गई थी

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो होंगी